मरीजों को मिल सकेंगी सस्ती दवाइयां वित्त मंत्री प्रकाश पंत नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल हुए

और मैदानों में हुई हलकी बारिश से कड़ाके की ठंड जारी

यहीं उन्होंने अनासक्ति योग पुस्तक की समीक्षा लिखी थी गांधी जी ने कौसानी को भारत का श्स्विटजरलैंडश् कहा था गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर निकलने वाली उत्तराखंड की श्अनासक्ति आश्रमश झांकी के अगले हिस्से में अनासक्ति योग लिखते हुए महात्मा गांधी की बड़ी आकृति दिखाई गई है झांकी के मध्य भाग में अनासक्ति आश्रम और इसके दोनों ओर योग और अध्ययन करते नागरिकों के साथ ही पंडित गोविंदबल्लभ पंत को गांधीजी से बात करते हुए दिखाया गया है पिछले हिस्से में देवदार के पेड़ स्थानीय नागरिक और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को दिखाया गया है वहीं साइड पैनल में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत जागेश्वर धाम बदरीनाथ और केदारनाथ धाम को दर्शाया गया है

जिला अस्पताल परिसर में जन औषधि केंद्र खुलने से अब लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सकेंगी जिला मुख्यालय में अभी तक जन औषधि केंद्र की सुविधा नहीं थी इससे लोगों को बाजार से महंगी दवाएं खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र का उद्घाटन नवनियुक्त पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने किया मुख्य चिकित्साधिकारी का कहना है कि जनऔषधि केन्द्र खुल जाने से अब डाक्टर भी जेनेरिक दवाइंया ही लिखेंगे ताकि आम जनता को प्रधानमंत्री जन औषधि से फायदा मिल सके

रेडक्रास के चौयरमैन का कहना है कि यह केन्द्र प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा

स्लग कुंभ मोबाइल एप प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में आने वाले रेल यात्रियों की सहायता के लिये अखिल भारतीय स्तर पर मोबाइल पर यूटीएस एप लॉन्च किया गया है यह एप कुंभ मेले में आने वालों को पेपरलेस टिकटिंग की सुविधा प्रदान करेगा साथ ही यह एप स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं यानी पार्किंग स्थल रिफ्रेशमेंट रूम प्रतीक्षा कक्ष बुक स्टॉल खाद्य प्लाजा एटीएम ट्रेन पूछताछ इत्यादि के बारे में जानकारी भी देगा

उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने बताया कि एप का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी समय और स्थान पर सुविधाजनक रूप से जानकारी उपलब्ध हो सके उन्होंने कहा कि ये मोबाइल एप सभी मेला स्पेशल ट्रेनों के बारे में भी जानकारी देगा जो प्रयागराज के सभी स्टेशनों से मेला अवधि के दौरान चलेंगी

इसके साथ ही देश की अठारह वर्ष से आयु की निन्यानये प्रतिशत जनसंख्या इसके दायरे में आ गई है एक फेसबुक पोस्ट में श्री जेटली ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च तक आधार के इस्तेमाल से नब्बे हजार करोड़ रूपये की बचत हई और कई फर्जी लाभार्थियों का नाम हटा दिया गया वित्त मंत्री ने कहा कि आधार एक गेम चेंजर है और यूपीए सरकार अपने विरोधाभासों और निर्णय न ले पाने में असमर्थता के कारण आधार के बारे में सशंकित रही उन्होंने कहा कि इसका श्रेय लेने की बजाय कांग्रेस के वकीलों ने इसे प्रौद्योगिकी विरोधी और आधार विरोधी बनकर अदालत में चुनौती दी वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि निर्णायक प्रधानमंत्री नरेन्द्री मोदी ने इसे संभव बनाया और एनडीए सरकार ने यूपीए कानून की नए सिरे से जांच की और इसे पूरी तरह बदल दिया

उन्होंने उत्तराखण्ड में आने वाले प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और पुर्नवास कार्यो के लिए सेस प्रावधान और डिजास्टर फंड बनाने पर अपने विचार रखे नार्थ ब्लॉक में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने की

जबकि राज्य में पहाड़ी हिस्सों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है बदरीनाथ केदारनाथ गंगोत्रीयमुनोत्री हर्षिल मुनस्यारी और हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर हिमपात का दौर जारी है मौसम विभाग ने पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना जतायी है देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले पांच दिनों तक राज्य में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे कुमाऊं क्षेत्र में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी हो सकती है जबकि हरिद्वार और उधमसिंहनगर में कोहरा छाने की संभावना है

जबकि देहरादून टिहरी पौड़ी हरिद्वार नैनीताल चंपावत और उधमसिंहनगर में बारिश की संभावना है स्लग सड़क बागेश्वर बागेश्वर में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला स्तरीय बैठक की गई जिसमें सड़कों के किनारे अवैध निर्माण झाड़ी कटान नालियों के निर्माण सड़कों के किनारे खड़े अनुपयोगी वाहनों की नीलामी चेकिंग अभियान और सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान को लेकर जिलाधिकारी ने समीक्षा की इस दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर सभी अधिशासी अभियन्ताओं को अपनी अपनी सड़कों के निरीक्षण के साथ साथ सड़कों पर हुए गड्ढों को तत्काल भरने के निर्देश दिये जिलाधिकारी ने कहा कि दूर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग जिला और पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाएंगे साथ ही उन्होंने ओवर स्पीड मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए

बैठक में अपर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन और नगरपालिका परिषद का मुख्य उद्देश्य मेले का सफल आयोजन करना है मेले में आने वाले व्यापारियों कलाकारों और मेहमानों को उचित व्यवस्था उपलब्ध कराना है इसके लिए कई समितियां बनाई गई हैं

उत्तरायणी मेले का मुख्य आकर्षण मकर स्नान है बाबा बागनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्वालुओं का तांता लगा रहता है इसके साथ ही मेले में सरकारी स्टॉलों के द्वारा जनता को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जाता है